इस अवसर पर एचएसइपी के मोबाईल एप को भी लांच किया

उन्होंने कहा कि रेल हवाई मार्गो के साथ साथ सडक़ों की कनैक्टीविटी हरियाणा में बेहतर रूप से नजर आती है

केएमपी के चारों ओर अढ़ाई लाख हैक्टेयर भूमि पर पंचग्राम के नाम से पांच बड़े शहर स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे आमजन की स्विधाओं के लिए प्रदेश के हर जिले उपमंडल और तहसील स्तर पर सरल केन्द्रों की स्थापना की गई है अंतोदय सरल केन्द्रों की भी स्थापना की जा रही है जहां योजनाओं की जानकारी भी मिल सकेगी हर सरल केन्द्र पर हैल्प डैस्क की भी स्थापना की गई है उद्यमियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं श्रू की गई हैं म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिसार एयरपोट को विकसित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है इज ऑफ डूईंग बिजनेस में हरियाणा तीसरे स्थान पर है रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए स्किल डैवलैपमेंट विश्वविदयालय की स्थापना की गई है

म्ख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न उद्यमियों से सीधा संवाद भी किया और उनके सवालों के जवाब देकर उनकी शंकाओं को भी दूर किया गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक भारत श्रेष्ठ भारत परिसर में हरियाणा की ओर से हरियाणा भवन का निर्माण किया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्जरात के केवडीया में कल भूमि पूजन कर हरियाणा भवन की आधारशिला रखी उन्होंने कहा कि संभवत हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसने इस परिसर में अपने राज्य के भवन के निर्माण से ज्ड़ी प्रक्रिया आरंभ कर दी है

म्ख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा भवन के बनने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए हरियाणा से आने वाले पर्यटकों को ठहरने की स्विधा मिलेगी

मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए हिसार में ऐविएशन हबकेएमपी के दोनों ओर समग्र विकास करने और उसे एक औद्योगिक कोरीडोर के रूप में विकसित करने को लेकर चर्चा की उन्होंने प्रदेश में सिविल ऐविएशनएमआरओआई टीस्मार्ट सिटीएग्रो इंडस्ट्रीफ्ड प्रोसैसिंग व पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग विकसित करने की अपार संभावनाएं बताते हये कहा कि अमेरिकी कंपनियां इसमें निवेश कर अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनको हरियाणा सरकार की ओर से सभी स्विधाएं मुहैया करवाई जाएंगी

आय्ष मंत्रालय के तहत सेट्रल कोसिंल फार रिसर्च इन होम्योपैथी इस फोरम के आयोजनकर्ताओं में से एक है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि होम्योपैंथी व पारमपरिक दवाइयों से जुड़ी अंतराष्ट्रीय नियामक संस्थाएं व फ्रांस स्विटज़रलैंडजर्मनी बेल्जियम स्पेन रूस ब्राजील मलेशिया जैसे कई देश मंच पर भाग लेंगे इस दौरान आपसी व बहपक्षीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होगी ताकि होम्योपैथी व पारंपरिक दवाईयों की पदवति को बढ़ावा मिले और इसमे एकरूपता आये केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि खेल को अगले वर्ष से सभी विदयालयों में एक अनिवार्य विषय बनाया जायेगा और प्रतिदिन स्कूल में एक घंटा खेलने के लिये रखा जायेगा वो आज प्णे में खेलों इंडिया यूथ गेम्स के समापन पर सम्बोधित कर रहे थे

इस वर्ष व अगले वर्ष तक सिर्फ एक बार घटित होने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण कल स्बह लगेगा जब सूर्य पृथ्वी व चन्द्रमां एक ही रेखा में आयेंगे ये कल स्बह नौ बजकर चार मिनट पर श्रू होगा कल स्परमून भी देखने को मिलेगा क्योंकि पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह चंन्द्रमा इसके बहत करीब होगा और इसलिये वो थोड़ा बड़ा और ज्यादा चमकदार भी दिखाई देगा

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा है कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है जिसने किसानों को अधिग्रहण की गई ज़मीन का भरपूर म्आवजा दिया है अतथा अनेक जन कल्याकारी योजनायें बनाई है

इस रिहर्सल उन्हें च्नाव संपन्न कराने सम्बंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे और इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को चलाने सम्बधी प्रशिक्षण दिया जायेगा रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम वीरेन्द्र सहरावत ने आज जींद में स्थापित मतगणना केन्द्र का दौरा किया और उनकी मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से मतगणना केन्द्र में शिफ्ट किया गया

भिवानी में पैट्रोलियम मंत्रालय की पहल के चलते वाहनों की बजाय साईकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया हैं ताकि वातावरण स्वच्छ करना व स्वास्थ्य को बेहतर रहें इसी क्रम आज यहां के भीम स्टेडियम में भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने विश्व साईकिल दिवस पर साईकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिसमें सैंकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया